हरियाणा के उप मुख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला ने आज सिरसा जिले में कई विकास कार्यो का उदघाटन किया और कालांवाली में सामुदायिक केन्द्र की आधारशिला रखी कृषि मंत्री जे पी दलाल ने कहा है कि केन्द्र द्वारा लागू किये गये तीन अध्यादेशों का किसानों को सीधा लाभ होगा

पंचकूला से हमारी संवाददाता ने बताया कि आज क्रूक्षेत्र में दो अम्बाला में दो फतेहाबाद पानीपत और रोहतक में एक एक और फरीदाबार में दो कोविड मरीज़ों की मृत्य् ह्ई है

पूरे संचिवालय को आज से हालात सामान्य होने तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है

हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उनहें उनके चंडीगढ़ सिथत निवास पर संगरोध में रखा गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि कल विधानसभा अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव व एक करीबी रिश्तेदार और विधानसभा के छ नियमित कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी इसके अलावा अनुबंध आधार पर काम कर रहे तीन कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाये गये है

यह जानकारी पीजीआई के निदेशक डॉ जगत राम ने वार रूम बैठक मे चंडीगढ़ के प्रशासक वी पी सिंह बदनौर को दी उन्होंने बताया कि केन्द्र से मिले दस और वेंटीलेटर भी लगा दिये गये है

ये द्काने मोबाइल मार्किट में है देश आज पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेतली की पहली पृण्य तिथि पर उन्हें याद कर रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री जेतली को याद करते हये एक टवीट में कहा कि गत वर्ष आज के हदन उन्होंने अरूण जेतली को खो दिया था उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने मित्र को बहत याद करते है प्रधानमंत्री ने कहा कि अरूण जेतली ने प्री लगन से देश की सेवा की उन्होंने श्री जेतली को ब्द्विमान कानून दान और स्नेही व्यक्तित्व बताया है श्री मोदी ने पिछले वर्ष की प्रार्थना सभा की वीडियो भी सांझा की

उन्होनें कालांवाली नगर पालिका द्वारा हाल ही निर्मित सड़को का लोकापर्ण भ्जी किया बाद में मीडिया से रूबरू होते हये उप म्ख्यमंत्री ने कहा कि सिरसा मे करोड़ो रूपये की लागत से एक फर्नीचर कलस्टर भी स्थापित किया जायेगा उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर कलस्टर बनाने की मुहिम सात माह पहले श्रू की गई थी ये कल्स्टर आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश भर मे बनाये जा रहे है बरोदा उप च्नाव पर उन्होंने कहा कि जेजेपी और बीजीपी यह उप च्नाव मिलकर लड़ेगी और गठबधंन का प्रत्याशी ही जीत दर्ज करेगा उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान राईट टू कॉल विधेयक लाने पर विचार कर रहे है अगर यह विधेयक पारित होता है तो जनता को जन प्रतिनिधियों को काम न करने पर वापिस ब्लाने की शक्ति मिल जायेगी उन्होंने विपक्ष के रजिस्ट्रियों में घोटाले के आरोप की सिरे से खारित करते हये कहा कि इस सम्बधी व्यवस्था मे सुधार किया जा रहा है हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे पी दलाल ने किसानों के हित मे उठाये गये कदमों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रंशसा करते हये किसानों को परम्परागत खेती छोड़कर बागववानी फसलों और मछली पालन अपनाने की अपील की है कृषि मंत्री आज रोहतक में एक समारोह को सम्बोधित कर रहे थे श्री दलाल ने केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये गये तीन विधयकों को किसानों के लिए हितकारी बताते हये कहा कि इन विधेयकों का किसानों को सीधा लाभ होगा और वह अपनी फसल कही पर भी बेच सकेंगे उन्होंने कहा कि सरकार मंडी व्यापारियों के लिए भी योनजा लाकर उन्हें व्यापार मे हानि नहीं होने देगी

बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री दलाल ने कांग्रेस के नेतृत्व को कमजोर करार दिया उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर तो कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला नहीं सकती है बरौदा उपच्नाव के संदर्भ में पूछे जोन पर कृषि मंत्री ने दावा किया कि जीत उनकी होगी हरियाणा के खेल एवं य्वा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने राष्ट्रीय खेल प्रस्कारों के लिए चुने जाने हरियाणा के प्रतिभावान खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को बधाई दी है खेल राज्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा के खिलाडियों ने देश मे ही नहीं बलिक विदेशों में भी अपने देश का नाम गौरवान्वित किया है